पीएम निजीकरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सरकार का व्यापार के क्षेत्र में रहने का कोई इरादा नहीं है और वह सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे सभी उपक्रमों के निजीकरण को वचनबद्व है जो चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते केन्द्रीय बजट में किये गये विभिन्न सुधारों के बारे में कल एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सरकार का दायित्व है कि वह उद्यमों और कारोबारों की मदद करे लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सरकार उनकी स्वामी बनी रहे और उन्हें चलाये उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों को सिर्फ इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि वे कई साल पहले खोले गये थे और किसी की पसंदीदा परियोजनाओं में शामिल थे श्री मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार कर रही है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक धन का जनता के कल्याण कार्यों में उपयोग सुनिश्चित करना है उन्होंने कहा कि सरकारी उपक्रमों विनिवेश से जो राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग विकास परियोजनाओं में किया जायेगा बैंक लेनदेन केन्द्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों के सरकार से संबंधित लेन देन का काम करने पर लगी पाबंदी हटा ली है इनमें कर और अन्य राजस्व भुगतान सुविधाएं पेंशन भुगतान और लघु बचत योजनाएं शामिल हैं इससे पहले कुछ ही निजी बैंकों को इस तरह के लेन देन करने की इजाजत थी सरकार के इस कदम से निजी बैंकों के ग्राहकों को सुविधा होगी बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहक सेवाओं के स्तर तथा दक्षता में वृद्धि होगी प्रतिबंध हटने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी कामकाज के लिए प्राधिकृत कर सकता है

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि देश के किसान भी सक्रिय रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं उन्होने कहा कि केन्द्र ने अनाज और अन्य कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी वृद्धि की है श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है बैंक पीएम स्वनिधि योजना सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया जाए आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कहा है कि रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरण में उनके सिबिल स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए मंत्रालय ने यह भी बताया कि लोगों को एक ही जगह ऋण की सभी औपचारिकताएं सुलभ कराने के लिए बैंक अधिकारी देश के विभिन्न शहरों में शिविर आयोजित करेंगे

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पत्रकारों को बताया कि यह टीका दस हजार सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जायेगा जबकि बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों में लगाये जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को खुद वहन करनी होगी

सूचना प्रोद्योगिकी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रोद्योगिकी हार्डवेयर के बारे में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी इस योजना में उत्पादन को प्रोत्साहन देने और सूचना टैक्नोलॉजी हार्डवेयर की मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने का प्रस्ताव किया गया है इस योजना के अंतर्गत लैपटॉप टैबलेट ऑल इन वन कंप्यूटर और सर्वर का निर्माण शामिल है

चार टैस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत और इंग्लैंड दोनों एक एक टैस्ट मैच जीतकर बराबरी पर हैं